जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना के लिए जिलाधिकारियों को जरूरी व्यवस्थाएं और प्रबंधन के दिये गए अधिकार

सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मूख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीबों किसानों और श्रमिकों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं

साथ ही वोकल फॉर लोकल के आहवान का देशवासियों का समर्थन मिला है

प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में एमएसएमई क्षेत्र को कई तरह की रियायतें दी गई हैं

इससे इन उद्यमों को विस्तार का अवसर मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे म्ख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का भी जिक्र किया जिसे नवम्बर तक बढ़ा दिया गया है

रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बल दिया गया है

साथ ही उन्हें राज्य में भ्रमण करते समय अनिवार्य रूप से इस रिपोर्ट को अपने साथ रखना होगा

सतपाल महाराज प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं को समय से पुरा किये जाने के निर्देश दिये हैं सिंचाई और लघ सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने प्रदेश में आये प्रवासियों के लिए भी रोजगार सुजन करने का आदेश दिया इसके साथ ही सिंचाई मंत्री ने विभाग में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए आऊट सोर्सिंग से भर्ती करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि विकास नगर के बाड़वाला में यम्ना नदी पर घाट का निर्माण कर गंगा और यम्ना की आरती श्रू की जायेगी उन्होंने कहा कि जल संवर्धन के लिए छोटी छोटी झीलों का निर्माण किया जाएगा सिंचाई मंत्री ने नमामि गंगे के तहत बने घाटों पर विद्य्त शव ग़ह बनाये जाने के निर्देश भी दिए सी बी एस ई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी बी एस ई ने स्पष्ट किया है कि मीडिया में जिन पाठ्यक्रमों को हटाए जाने की खबरें आ रही हैं उन्हें या तो संशोधित पाठ्यक्रम में अथवा एनसीईआरटी के वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर में शामिल किया जा रहा है सीबीएसई ने एक बयान में बताया है कि एनसीईआरटी का वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलो में पहले से ही लागू है

यशपाल आर्य प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने कहा है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार होना चाहिए अधिकारियों के साथ बैठक में यशपाल आर्य ने कहा कि प्रचार प्रसार की कमी के कारण योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहंच पाता है उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के लिए जो धनराशि स्वीकृत की गई उसका उपयोग किया जाए साथ ही उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं को ब्योरा केंद्र सरकार को भेजने को कहा जिससे जल्द धनराशि जल्द मिल सके

इसके लिये जिलाधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाओं और प्रबंधन के लिये अधिकार प्रदान किये गये हैं कल म्ख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों के साथ जल जीवन मिशन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर इससे सम्बन्धित कार्यो में देर न हो इसके लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को एक करोड़ तक की योजनाओं की स्वीकृति के अधिकार दिये गए हैं

बैठक में मुख्य सचिव उत्पल क्मार सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी अपने विवेक से जल जीवन मिशन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करें और योजनाबद्व ढंग से योजना को धरातल पर उतारें

उन्होंने बीज बम अभियान की सराहना करते हुए कहा कि आये दिन मानव और वन्यजीवों के संघर्ष की खबरें आती है जिसमें काफी जान माल का न्कसान होता है उन्होंने कहा कि इस अभियान से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जंगली जानवरों की समस्या का समाधान हो सकता है

अभियान में जन भागीदारीता बढ़ाने के लिए बीज बम अभियान सप्ताह मनाया जा रहा है आपको बता दें कि मिट्टी कम्पोस्ट कागज की ल्गदी और पानी मिलाकर एक गोला बनाया जाता है जिसके अंदर दो बीज रखे जाते हैं

साइंस पार्क चमोली जिले के कोठियालसैंण में साइंस पार्क का शुभारंभ हो गया है साइंस पार्क के उद्घाटन के अवसर पर शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने कहा कि साइंस पार्क में प्रैक्टिकल के जरिए बच्चों को विज्ञान की जानकारी मिल सकेगी इस दौरान साइंस उपकरणों की आकर्षक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें ग्रेविटी क्रिएशन ऊर्जा लाइट इल्यूजन रिफलेक्शन पेंड्लम जैसे सांइस के सिद्धांतों को दर्शाया गया है हरेला चमोली चमोली जिले में हरेला पर्व जोरशोर से मनाया जा रहा है

उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को कम से कम एक एक पौधा लगाकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा भी उठाना होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी ख्शहाल और स्रक्षित रहें इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षकों के खाली पदों पर जल्द गेस्ट टीचरों की दूसरी काउंसलिंग कराई जाएगी